ये यात्रा संगरिया से शुरू होगी दो दिन की यात्रा के दौरान जिले में चार जगहों पर मुख्यमंत्री की जनसभाए होंगी संगरिया में जनसभा को संबोधित करने के बाद श्रीमती राजे हनुमानगढ़ के लिए रवाना होंगी इसके बाद टाउन धानमंडी में जनसभा का कार्यक्रम है अजमेर जिले के तिलोनिया में बेयरफूट कॉलेज में कल आयोजित दीक्षांत समारोह में दस देशों के उच्चायुक्तों की मौजूदगी में सौर ऊर्जा तकनीक का प्रशिक्षण लेने वाली सात महिलाओं को सम्मानित किया गया ऊर्जा विद्युतीकरण के काम को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित कई देशों के नेताओं ने सराहा है ये महिलाऐं अपने अपने देशों में जाकर उन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा विद्युतीकरण के कार्य के साथ मरम्मत का काम भी करेंगी इन महिलाओं का चयन समुदाय के आधार पर किया गया है भाषा की समस्या और अशिक्षा के बावजूद इन महिलाओं ने दक्षता हासिल की है भारत संचार निगम लिमिटेड बी एस एन एल देश की लगभग तीन हजार जिला और निचली अदालतों में वैन संचार नेटवर्क स्थापित करेगा

इस परियोजना के इस साल दिसंबर तक पूरा हो जाने की संभावना है प्रधानमंत्री जन धन योजना से करौली जिले के निवासियों का भी आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है

चित्तौडगढ़ जिले में निम्बाहेड़ा उदयपुर मार्ग पर पालखेड़ी गांव के पास कल वैन और कार की टक्कर में भाई बहन सहित चार लोगों की मौत हो गई पुलिस मामले की जांच कर रही है चित्तौड़गढ़ जिले के ही भदेसर में कल भोजन बनाते समय गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के चार बच्चों सहित नौ लोग गंभीर रुप से झुलस गए धमाके की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आग ब्झाई और झूलसे लोगों को जिला अस्पताल पहंचाया जहां से सभी को गंभीर हालत होने के कारण उदयपुर रेफर किया गया चिकित्सकों ने बताया कि ये लोग साठ से अस्सी प्रतिशत तक झुलस गए हैं

चूरू जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में खल की बोरियों से लदे ट्रेलर के रेलवे ओवरब्रिज से अनियंत्रित होकर गिरने से चालक और परिचालक की मौत हो गई पाली जिले के बांसिया कस्बे के पास ट्रेलर की टक्कर से मोटर साइकिल पर सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया झालावाड जिले के डग में कच्चे मकान की दीवार ढहने जाने से एक मजदूर की मौत हो गई सीकर में पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले एक गिरोह के तीन युवकों को गिरफ्तार किया है इनके पास से एक करोड रुपये से ज्यादा के नकली नोट बरामद किये गये प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मॉनसून की अच्छी बारिश होने से बांधों और तालाबों में पानी की आवक जारी है जयपुर में कल से लगातार हो रही हल्की से मध्यम बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भर गया है चित्तौडगढ में लगातार तीन दिन से हो रही बारिश से जन जीवन अस्त व्यस्त है

बूंदी जिले में तेज बारिश होने से जैत सागर बांध के चार गेट खोलकर पानी की निकासी करने से महावीर कॉलोनी में पानी भर गया धौलपुर में कल हुई तेज बारिश के बाद लगभग सभी बांध भर चुके हैं आंगई बांध भी पूरी तरह से लबालब हो चुका है भीलवाडा में हो रही लगातार बारिश से दो बांधो पर चादर चल रही है वहीं टोंक के बीसलपुर बांध में भी पानी की आवक हुई है